दोनो विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में शांतिपूर्ण मतदान कराने के लिये कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई है

दिव्यांग और दृष्टिबाधित मतदाताओं को विशेष सुविधायें उपलब्ध करवाई जा रही है

नगर निगम जयपुर हैरिटेज और जयपुर ग्रेटर के महापौर का पद अन्य पिछड़ा वर्ग महिला के लिये होगा वहीं अजमेर नगर निगम महापौर का पद अनुसूचित जाति महिला बीकानेर महापौर का पद सामान्य महिला के लिये आरक्षित रखा गया है उदयपुर नगर निगम के महापौर का पद अन्य पिछड़ा वर्ग पुरूष के लिये तथा नगर निगम कोटा उत्तर अनुसूचित जाति महिला के लिये कोटा दक्षिण सामान्य के लिये होगा नगर निगम जोधपुर उत्तर तथा जोधपुर दक्षिण सामान्य महिला और नगर निगम भरतपुर अनुसूचित जाति के लिये आरक्षित हुआ है रेल और वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल आज नई दिल्ली से वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से रींगस जयपुर आमान परिवर्तित लाइन का उदघाटन और जयपुर सीकर जयपुर नई रेल सेवा का शुभारम्भ करेंगे इस रेल खण्ड के शुरू होने से जयपुर का शेखावाटी क्षेत्र से बडी लाईन के साथ सीधा सम्पर्क होगा जयपुर का बीकानेर श्रीगंगानगर हनुमानगढ के लिए वैकल्पिक और सीधा मार्ग भी होगा चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री डॉ रघ् शर्मा ने कहा है कि फिजियोथैरेपी चिकित्सा विज्ञान की ऐसी विधा है जो व्यक्ति को बीमार होने से भी रोकॅती है चिकित्सा मंत्री ने कल उदयपुर में आयोजित तीसरी अंतर्राष्ट्रीय फिजियोथैरपी कांग्रेस और अंतर्राष्ट्रीय कांफ्रेंस के समापन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में फिजियोथैरेपी का सुनहरा भविष्य है और सरकार इसे प्रोत्साहित करने का हरसंभव प्रयास करेगी डॉ शर्मा ने इस अवसर पर कहा कि विभिन्न चिकित्सा पद्वतियां बीमारी होने के बाद कारगर होती है लेकिन फिजियोथैरेपी ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो बीमारी को पैदा ही नहीं होने देती उन्होंने कहा कि डब्ल्यू एच ओ भी इसको मानता है इसे स्वतंत्र हेल्थकैयर का दर्जा दिया है जैसलमेर फील्ड फायरिंग रेंज में कल से भारतीय सेना का दो दिन का युद्ध अभ्यास सुदर्शन चक्र वाहिनी शुरू हुआ इस युद्धअभ्यास में आज सेना गोलाबारी क्षमताओं का एकीकृत प्रदर्शन करेगी युद्वाभ्यास के मुख्य अतिथि सेना की दक्षिणी कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल एस के सैनी होंगे

आकाशवाणी से विशेष बातचीत में एम एम टी सी के अध्यक्ष वेद प्रकाश ने कहा कि वैश्विक मंदी के बावजूद एम एम टी सी ने सोने की रिकॉर्ड बिक्री की है उन्होंने कहा कि धनतेरस के त्यौएहार के लिए एम एम टी सी अपनी बिल्कुल नई प्रदर्शनी सह बिक्री के साथ सोने और चांदी की मांग को पूरा करने के लिए तैयार है सहकारिता मंत्री उदय लाल आंजना आज जयपुर में सहकार दीपोत्सव मेले का उदघाटन करेंगे